प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा अनुग्रह राशि निकालने के लिए खाता संख्या के अंतिम अंक के हिसाब से तिथियां निर्धारित गृह मंत्रालय ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को कारगर उपाय करने को कहा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता व सहयोग देने के लिए जागरूक करें वे आज उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान बोल रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों को भी इस लड़ाई में शामिल करना चाहिए उन्होंने उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फसल कटाई का काम शुरू होने वाला है ऐसे में किसानों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए जयराम ठाक्र ने लोगों को कोरोना वायरस व सामाजिक दूरी के बारे में जागरूक करने के लिए एनसीसी एनएसएस और युवक मण्डलों को शामिल करने की भी बात कही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होम डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करने को कहा ताकि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें उन्होंने निजामुदीन नई दिल्ली का दौरा करने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री इस बीच आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने को कहा मुख्यमंत्री ने निगम के डिपुओं में बफर स्टॉक सुनिश्चित करने और जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा जयराम ठाकुर ने दालों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों के थोक विक्रेताओं से अधिकारियों को संपर्क करने के निर्देश दिए

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ये तीनों व्यक्ति गगरेट उपमण्डल से संबंधित हैं

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू ज़िले में लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य आज से शुरू किया गया है

वीरेन्द्र सैजल ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए ऊना से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर दिए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए

शैल्टर होम लॉकडाउन के बाद दिल्ली में फंसे हिमाचल के लोगों के लिए शैल्टर होम शुरू कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि ये प्रवासी मजदूर कुल्लू और लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं महाजन ने बताया कि इन लोगों को निशुल्क रहने और खाने पीने की सुविधा दी गई है इसके अलावा विभिन्न जुरूरतमंद लोगों को भी अलग अलग संगठनों द्वारा मुफ्त राशन दवाईयां और आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं

इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आज प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हई

इसके लिए सरकार द्वारा जमा की जाने वाली राशि को निकालने के लिए अप्रैल माह में एक अलग व्यवस्था लागू की गई है बैंक शाखाओं व एटीएम पर अनावश्यक भीड़ से बचने और सामाजिक दूरी मानकों का पालन करने के लिए ये व्यवस्था की गई है इसके तहत जमा राशि निकालने के लिए बैंक खातों के अंतिम अंक के हिसाब से तिथियां निर्धारित की गई हैं फर्जी खबरें गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि वे फर्जी खबरों को रोकने के लिए कारगार उपाय करें पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर सके और असत्य खबरों को तत्काल खारिज कर सके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वे अपने अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करें कोरोना जागरूकता कोरोना वायरस के लक्षणों की जानकारी देने के लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

उधर सोलन जिले में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों से कोरोना वायरस की जानकारी ले रही है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजन उप्पल ने लोगों से अपना सहयोग देने का आग्रह करते हुए घर पर ही रहकर सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा है मैडिकल कैंप ऊना में गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उददेश्य से इंडियन मैडिकल एसोसिएशन और आयुर्वेद विभाग ऊना ने आज निशुल्क मैडिकल कैंप लगाया

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान पूरे ज़िले में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को उनके घरद्दार पर चिकित्सा सहायता मिल सके

प्रशासन ने जिले के देहंघाट में कृछ मैकेनिकों की द्वकानों को खोलने की भी मंजूरी दी है ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके ट्रक चालकों ने प्रशासन के इस निर्णय को राहत देने वाला बताया है होम्योपैथी इलैक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष व भारतीय इलैक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फोरम के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कोरोना बीमारी से बचाव की दवा तैयार करने का दावा किया है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक अपील भेजी है जिसमें उन्होंने इस दवाई का परीक्षण कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों पर करने की मांग की है

इसे कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकारों की एजेंसियों से कहा है कि वे इस प्रणाली का इस्तेमाल करें